प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अग्रसर है आईबीएम कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविन्द कृष्ण के साथ बातचीत में कल उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश टेक्नोलॉजी पर आधारित समन्वित और डाटा पर निर्भर ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विकास कर रहा है जो किफायती और आसान हो श्री मोदी ने आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बताया कि भारत में निवेश का यह सबसे अच्छा वक्त है उन्होंने कहा सरकार यह सुनिश्चित करने को वचनबद्व है कि देश में घर से ही ऑनलाइन कार्य करने की प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाया जाये इसके लिए सरकार बूनियादी ढांचा इलेक्ट्रानिक संपर्क और विनियामक तंत्र उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास कर रही है ताकि टेक्नोलॉजी संबंधी बदलाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों को शुरू से ही आर्टिफिशियल इटेलीजेंस की मदद से सीखने की जानकारी देने की दिशा में कार्य कर रही हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह लखनऊ में निधन हो गया वे पचासी वर्ष के थे लालजी टंडन को स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याओं के कारण लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पिछले कुछ दिनों से वह वेंटीलेटर पर थे श्री टंडन की खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सांपा गया था

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमूख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में उनके आवास पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी

रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लालजी टंडन का लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वर्गीय लालजी टंडन के निधन पर शोक व्यक्त किया है लालजी टंडन लखनऊ से भाजपा के सांसद और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है जबकि मध्य प्रदेश में पाँच दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर दुख व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश ने अपने एक महान नेता को खो दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लालजी टंडन समाज सेवा के अपने अथक प्रयासों के लिए याद किए जाएंगे

वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद जगदम्बिकापाल ने दुःख जताते हुए कहा कि श्री टण्डन के निधन से देश को अपूर्णीय क्षति हुई है बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि श्री टण्डन का प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में अमूल्य योगदान रहा है तथा एक नेता के रूप में उन्होंने समाज में अपनी अलग पहचान बनायी थी सुनते हैं लालजी टण्डन का जीवन परिचय लालजी टंडन का राजनीतिक करियर आधी शताब्दी से भी ज्यादा लंबा रहा और इस दौरान उन्होंने उन्नीस सौ साठ में सभासद चुने जाने से लेकर दो हजार नौ में संसद में लखनऊ का प्रतिनिधित्व करने और ॅफिर बिहार और मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनने का लंबा सफर तय किया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के बेहद खास माने जाने वाले लालजी टंडन शुरूआती दिनों से ही उनके साथ रहे और आखिरकार दो हजार नौ में उनकी राजनीतिक विरासत को संभालते हुए लखनऊ से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे लखनऊ के आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच बाबूजी के नाम से लोकप्रिय लालजी टंडन चौक के इलाके में हाने वाले होली उत्सवं और अपनी चार पार्टियों के लिए विशेष तौर पर मशहूर थे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठंबंधन तैयार करने में भी उनकी अहम भूमिका थी बसपा प्रमुख मायावती उन्हें अपना बड़ा भाई मानकर राखी बांधती थी अपनी सरलता और व्यवहार कुशलता के लिए लोकप्रिय लालजी टंडन के निधन पर पार्टियों ने दुःख व्यक्त किया है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

अपने पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है केन्द्र सरकार ने इस बारे में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है

कार्यक्रम में विशेषज्ञ और मुख्य वक्ता मीडिया विश्लेषक अनिल चमड़िया ने लोगों को अहम जानकारी दी

आरओबी के उपनिदेशक सुनील शुक्ल ने सोशल मीडिया पर दी जा रही जानकारी और खबरों की सत्यता जाँचने पर बल दिया वेबीनार में विशेषज्ञों ने लॉकडाउन के बाद चल रही अनलॉक की प्रक्रिया में खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने और और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचने के उपाय बताये गये